इस दौरान सरकार बजट भी प्रस्तुत करेगी वहीं विपक्ष की ओर से कर्ज माफी बिजली कटौती अधिकारी कर्मचारियों के तबादले सहित कई मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बताया कि सत्र के दौरान उठाये जाने वाले मुद्दों पर रणनीति तैयार करने के लिये पार्टी विधायक दल की बैठक कल बुलायी गयी है दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम मुख्यमंत्री निवास में होगी इस बैठक पूर्व केन्द्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहेंगे प्रबोधन विधानसभा में कल से शुरू हुए विधायकों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यकम का आज अंतिम दिन है पूर्व केन्द्रीय मंत्री गुलामनबी आजाद आज इसका समापन करेगें इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष नर्मदाप्रसाद प्रजापति और प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे यह कार्यक्रम में विधायकों को सदन में उनके कर्तव्यों और अधिकारों के साथ ही नियमों की जानकारी देने के लिये आयोजित किया गया है जल संरक्षण आव्हान केन्द्र सरकार ने देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों से अपने अपने क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की कारगर निगरानी के लिए एक प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्वार करने को कहा है शहरी विकास मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा की निगरानी करेगा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि लोगों की जानकारी के लिए इस सूचना को मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के तहत ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

मतदाता सूची पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश जारी कर दिये गये हैं

तब तक के लिये मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम स्थगित रहेगा किकेट विश्व कप आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में कल श्रीलंका पर भारत और ऑस्ट्रेलिया पर दक्षिण अफ्रीका की जीत के साथ ही सेमी फाइनल मुकाबले तय हो गये हैं

कल रात लीड्स में अंतिम लीग मैच में भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हरा दिया रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शतक लगाये रोहित शर्मा किसी विश्वकप प्रतियोगिता में पांच शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं वहीं मैनचेस्टर में दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दस रन से हराया विश्वकप में नौ मैचों से पंद्रह अंक लेकर भारत अंक तालिका में सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के चौदह अंक इंग्लैंड के बारह और न्यूजीलैंड के ग्यारह अंक है

गुना विदिशा अनूपपुर झाबुआ और आलिराजपुर जिलों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है खंडवा जिले में हो रही लगातार बारिश से ओंकारेश्वर बांध के छह गेट खोल दिये गये हैं श्योपुर जिले में सीप नदी पर बना बंजारा डेम लबालब भर गया है वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज में पठा पुल क्षतिग्रस्त होने से सागर भोपाल सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारे लग गईं